पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत चिंताजनक है नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि तिरानवे वर्षीय नेता को जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एम्स जाकर श्री वाजपेयी के स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और रेल मंत्री पीयूष गोयल सहित कई केन्द्रीय मंत्रियों ने भी एम्स पहुंच कर पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली श्री वाजपेयी को इस वर्ष जून में उपचार के लिए एम्स में भर्ती किया गया था भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजीत वाडेकर का कल रात मुंबई में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया वे सत्तर वर्ष के थे वाडेकर ने उन्नीस सौ छियासठ और उन्नीस सौ चौहत्तर के बीच सैंतीस टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था

कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से किसानों को केसीसी के अलावा विभिन्न योजनाओं के मद में ऋण उपलब्ध कराया जायेगा उन्होंने बताया कि इन शिविरों में ऋण के लिए आवेदन भी दिया जा सकता है पटना के आसरा गृह में दो महिलाओं की मौत के मामले में संचालिका मनीषा दयाल और उसके सहयोगी चिरंतन कुमार से पुलिस की विशेष टीम ने कल भी कड़ी पूछताछ की सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान दोनों ने अपने राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्कों की बात स्वीकार की है इस मामले में कई सफेदपोशों का भी नाम सामने आ रहा है इधर मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई की टीम ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के पैतृक गांव मुजफ्फरपुर के पचदही पहुंचकर ग्रामीणों से प्रछताछ की है वहीं जांच एजेंसी ने पॉक्सो कोर्ट में ब्रजेश ठाकुर को रिमांड पर लेने के लिए आवेदन दिया है उम्मीद जतायी जा रही है कि आज अदालत ब्रजेश ठाकुर को सीबीआई को सौंप सकती है वहीं सीबीआई पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति से भी पूछताछ की तैयारी में जूटी है इधर पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने एकबार फिर दोहराया है कि उनके पति को राजनीतिक विद्वेष के कारण इस मामले में फंसाया जा रहा है यौन शोषण मामले में भाजपा नेता बबन यादव की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है वहीं दो अन्य नेताओं सुधीर शर्मा और राजेश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश और कोसी नदी में पानी छोड़े जाने के कारण सुपौल और सहरसा जिले में तटवर्ती इलाके जलमग्न हो गए हैं जलस्तर में बढोतरी से तटबंध के बीच बसे दर्जनों गांव में बाढ का पानी प्रवेश कर गया है पानी के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है सुपौल के सरायगढ भपटियाही प्रखंड क्षेत्र के सियासी ढोली बनैनिया बलथरवा और किशनपुर के मौजहा नौआबाखर परसामाधो में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है वहीं सहरसा जिला में राजनपुर पंचायत के कई गांव पानी से धिर गए हैं महिषी के अंचलाधिकारी रमण कुमार वर्मा ने कहा कि शीघ्र ही सर्वेक्षण किया जाएगा

एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गयी है इधर कमला बलान नदी के जलस्तर में वृद्धि से दरभंगा जिले के घनश्यामपुर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है बाउर घनश्यामपुर सड़क पर पांच फीट पानी बह रहा है मध्य विद्यालय रसियारी सहित आधा दर्जन स्कूलों में पानी घूसने से पठन पाठन बाधित है लोग नाव से आवाजाही कर रहे हैं वहीं फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंडक बराज में दो लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है भितहा पिपरासी और ठकराहा में कई जगहों पर तटबंध में कटाव हो रहा है इधर घाघरा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोत्तरी का सिलसिला जारी है नदी का जलस्तर सीवान जिले के दरौली और गंगपुर सिसवन में खतरे के निशान के आस पास बना हुआ है गंडक नदी गोपालपुर के ड्मरिया घाट में खतरे के निशान को पार कर गयी है जबकि हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के रेवा घाट में यह लाल निशान के आस पास बनी हुई है बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति बनी हुई है यह मुजफ्फरपुर के बेनीबाद और दरभंगा के हायाघाट में खतरे के निशान के आस पास है अधवारा समूह की नदियां भी दरभंगा में लगातार उफान पर है कोसी और महानंदा नदी के जलस्तर में भी वृद्धि देखी जा रही है पूर्व मध्य रेलवे परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सत्रह और अठारह अगस्त को दरभंगा बरौनी दानापुर और मुजफ्फरपुर से विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा सत्रह अगस्त को बरौनी से सिकंदराबाद के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन सामान्य श्रेणी के सोलह डिब्बों के साथ चलायी जायेगी यह ट्रेन शाम के चार बजकर तीस मिनट पर बरौनी से खुलकर मोकामा बख्तियारपुर पटना दानापुर आरा और बक्सर होते हुए सिकंदराबाद तक जायेगी वहीं वापसी में यह ट्रेन सिकंदराबाद से बीस अगस्त को शाम सात बजे बरौनी के लिए रवाना होगी सत्रह अगस्त को ही दरभंगा से इंदौर के लिए स्पेशल ट्रेन रात्रि के ग्यारह बजे खुलेगी इस ट्रेन का दरभंगा समस्तीपुर बरौनी मोकामा बख्तियारपुर पटना दानापुर आरा और बक्सर में ठहराव दिया गया है बीस अगस्त को यह ट्रेन वापसी में दरभंगा के लिए खुलेगी सत्रह अगस्त को एक और ट्रेन दानापुर से सिकंदराबाद के लिए चलायी जायेगी यह ट्रेन रात्रि के साढ़े दस बजे दानापुर से खुलेगी जो आरा बक्सर और दिलदारनगर होते हुए जायेगी सिकंदराबाद से वापसी में यह ट्रेन रात्रि के नौ बजे खुलेगी इसके अलावा अठारह अगस्त को मुजफ्फरपुर से भुवनेश्वर के लिए विशेष ट्रेन का परिचालन किया गया है यह ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन से दिन के ग्यारह बजे खुलेगी ट्रेन समस्तीपुर बरौनी मोकामा बख्तियारपुर पटना जहानाबाद और गया होते हुए भुवनेश्वर जायेगी वापसी में यह ट्रेन बीस अगस्त को भुवनेश्वर से रात के आठ बजे खुलेगी बिहार लोक सेवा आयोग ने चौसठवीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सत्तर नये पदों को शामिल किया है अब यह परीक्षा चौदह सौ पैंसठ पदों के लिए होगी वरीय उपसमाहर्ता और सहायक निदेशक के चालीस पद सामान्य प्रशासन विभाग के अठाईस पद और जनसंपर्क पदाधिकारी के दो नये पद शामिल किये गये हैं अभ्यर्थी बीस अगस्त तक आवेदन के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान हुए हादसों में आठ लोगों की मौत हो गयी कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र स्थित मिर्जापुर में गंगा नदी में नाव पलटने से दो युवकों की मौत हो गयी वहीं गया जिले के इमामगंज प्रखंड के रानीगंज मोरहर घाट के पास नदी में डूबने से एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत की खबर है इधर खगड़िया जिले के महेशखूंट थाना क्षेत्र के बन्नी गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गयी वहीं जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहीमपुर के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गयी समस्तीपुर जिले के विद्यापति रेल थाना क्षेत्र के हरपुर बोचहां गांव के पास मानव रहित फाटक पर एक ऑटो रिक्शा के ट्रेन की चपेट में आने से ऑटो चालक की मौत हो गयी रोहतास जिले के विक्रमगंज नटवार पथ पर आज तड़के एक कार पेड़ से टकरा गयी जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गये वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी उपेन्द्र नारायण सिंह का पैतृक आवास समस्तीपुर जिले के हांसा में निधन हो गया वे पंचानवे वर्ष के थे उनके निधन पर समाज के गणमान्य लोगों ने गहरी संवेदना जतायी है मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन के भुगतान में विलंब पर मुसहरी अंचल के तत्कालीन लिपिक शशिभूषण कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र से खमखोल गांव से पुलिस ने दो शराब तस्करों को पांच सौ बीस बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया है और अब अंत में मुख्य समाचार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत चिंताजनक